ब्रिसबेन में खेली गयी बॉर्डर गवास्कर टेस्ट श्रृंखला भारत ने दो एक से अपने नाम की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

वित्तंमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया वित्तमंत्री ने बैठक को सहयोग आधारित संघीय प्रणाली का परिचायक बताया और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मजबूती से खड़े रहने की केन्द्र सरकार की नीति का उल्लेख किया बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों और अधिकारियों ने महामारी के दौरान केन्द्र की ओर से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने के वित्तीय सहयोग के लिए सुश्री सीतारामन को धन्यवाद दिया प्रतिभागियों ने वित्ता मंत्री को उनके बजट भाषण में शामिल करने के अनेक सुझाव भी दिए राज्य में पिछले दो दिनों में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत छह हजार एक सौ चौसठ स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए वहीं कल दो हजार नौ सौ चौसठ स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई इधर कल लगाए गए दो हजार नौ सौ चौसठ लोगों में आठ एडवर्स इफेक्ट फोलोइंग इम्यूनाइजेशन के मामले आए

इन लोगों को टीका लगने के बाद चक्कर आना बुखार और रक्तचाप बढ़ने की समस्या आई स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार आधे घंटे के बाद सभी स्वस्थ होकर घर चले गए झारखंड में कल एक सौ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

मृतकों में बोकारो से दो रांची और धनबाद से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमें एक हजार एक सौ नब्बे सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बियालीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार चौवन लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं

जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है

इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया टीका लगाए गए किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया

उन्होंने बताया कि दिल्ली में तीन लोग अस्पताल में भर्ती हुए जिनमें से दो लोगों को छुट्टी दे दी गई जबकि एक को निजी अस्पताल में रखा गया है उत्तराखंड में एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसकी हालत स्थिर है और ऋषिकेश एम्स में उसकी जांच की जा रही है कर्नाटक में अस्पताल में भर्ती होने के दो मामले सामने आए हैं उन्होंने बताया कि दो लोगों की मृत्यु हुईं जिनमें से एक उत्तर प्रदेश और एक कर्नाटक से थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासी की मौत टीकाकरण से नहीं हई है

स्वास्थ्य मंत्रालय की संक्रमण की जांच में तेजी मामलों की प्राथमिक स्तर पर पहचान और प्रभावी इलाज के अलावा संक्रमित लोगों को तत्काल अलग थलग करने की व्यवस्था के कारण प्रतिदिन होने वाले संक्रमण की संख्या लगातार घटी है पिछले वर्ष जनवरी में पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की एक प्रयोगशाला थी

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसुचना में कहा गया है कि नेताजी के अतुल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बीच आज नई दिल्ली में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे इस मौके पर सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे इन दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर का उदेश्य देश में खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी के एक बड़े भाग को मजबूत करते हुए स्थानीय रोजगारों का सुजन करना है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल सके

रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल के द्वारा जिले में पहली बार गरीबों के बीच स्वरोजगार के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा का वितरण किया गया

राज्य में जल्द पंचायत चुनाव कराने को लेकर कल झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई कि देवघर निवासी जयप्रकाश की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने याचिका दायर की है याचिका में ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज निदेशक द्वारा जारी कार्यकारी संभिति के गठन संबधी आदेश को चुनौती दी गई है नीति आयोग कल वर्चुअल माध्यंम से भारत नवाचार की दूसरी सूची जारी करेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार आयोग के सदस्य

नीति आयोग ने कहा है कि नवाचार की दूसरी सूची देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करके इसे नवाचार उन्मुख बनाने से सरकार की निरन्तसर वचनबद्दता दर्शाती है

साथ ही इसमें उनकी क्षमता और कमियों को उजागर कर उनकी नवाचार नीतियों में सुधार करने के प्रति सशक्ता किया जायेगा

इस परियोजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह तथा कंपनियों से जोड़कर उन्नत खेती पशुपालन मत्स्य पालन सिंचाई लघु वनोपज इत्यादि गतिविधियों के द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी के कार्य हो रहें हैं जोहार एग्री मार्ट इसके तहत एक अच्छी पहल है

ब्रिसबेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गये चौथे टेस्ट मैच में भारत ने तीन विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया

भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने पांच विकेट लिये